कोरोना की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील की प्रदेशभर में आज मनाया जा रहा है लोक पर्व पोला मुख्यमंत्री निवास पर किया गया तीजा पोरा तिहार का आयोजन राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के उन्नीस लाख किसानों के खातों में आगामी बीस अगस्त को पन्द्रह करोड़ रूपए की दूसरी किश्त जारी की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करेंगे मुख्यमंत्री इस अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष दो हजार अट्ठारह के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दो सौ बत्तीस करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में जमा करेंगे साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि का वितरण भी ऑनलाईन किया जाएगा गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के उन्नीस लाख किसानों को पांच हजार सात सौ पचास करोड़ की अनुदान सहायता राशि दी जा रही है

कई गांवो का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूट गया है मुंगेली जिले में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं साथ ही निचली बस्तियां भी जलमग्न हो गई हैं आज सुबह नगर के परमहंस वार्ड में पानी भर जाने के कारण पन्द्रह परिवारों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले को सतर्क रहने को कहा है वहीं बेमेतरा जिले में सकरी नदी पूरे शबाब पर है पचभैया सुरुंगदाहरा सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है उधर कबीरधाम जिले के वनांचल में भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है पहाड़ी इलाकों और वनाचंल में अधिक बारिश के कारण हाफ आगर और सकरी नदी उफान पर है जिन क्षेत्रों से यह नदी गुजरती है वहां बाढ़ जैसे हालात हैं कवर्धा में रायपुर जबलपुर मार्ग पर स्थित पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया पुल के ऊपर पानी का बहाव तेज होने के कारण आवागमन ठप पड़ गया है कवर्धा का रायपुर और जबलपुर के साथ ही बिलासपुर और मुंगेली सहित कई जिला मुख्यालयों से सड़क सम्पर्क दूट गया है कवर्धा नगर की कई निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है वहीं बिलासपुर जिले में मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने से अचानकपुर गांव में पानी भर गया है सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरु कर दिया है बाढ़ में फंसे सौ से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है कलेक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए पंचायत भवन में खाने की व्यवस्था की गई है

वे क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए बीजापुर जाने वाले थे मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना जताई है वहीं विभाग ने मुख्य रूप से प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में आज जिला पंचायत की महिला अधिकारी और दो कर्मचारियों सहित बारह नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें छह नगर निगम कर्मचारी भी शामिल हैं दीपका के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास क्वारेंटाइन सेंटर से एक और करतला से दो संक्रमित भी मिले हैं सभी को इलाज के लिए कोरबा के विशेष कोविड अस्पताल में दाखिल कराने की तैयारी की जा रही है वहीं रायगढ़ जिले में आज पैंसठ कोरोना संक्रमित मरीजों की मिलने की खबर है ऐहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों पर एक माह का प्रतिबंध और बढ़ा दिया है जांजगीर चांपा जिले के चांपा में आज दो कोरोना संक्रमित मिले हैं यहां एसडीएम की स्टेनो और उनके पति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उधर राजनांदगांव में कल पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एडीएम और उनकी पत्नी भी शामिल है बिलासपुर में महापौर रामशरण यादव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को विभिन्न जिलों से चार सौ चार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी वहीं तीन सौ तिरसठ कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया इनमें सर्वाधिक रायपुर जिले से एक सौ नब्बे मरीजों की पहचान हई इसके अलावा द्र्ग से उनसठ बिलासपुर से छत्तीस सरगुजा से बीस राजनांदगांव और महासमुंद से चौदह चौदह मरीज शामिल है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में सोमवार को विभिन्न बीमारियों से पीड़ित आठ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हुई प्रदेश में अब तक करीब सोलह हजार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना राहत जांच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राहत की भी खबर है प्रदेश के विभिन्न कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स से पिछले एक सप्ताह में एक हजार पांच सौ इक्यासी मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है वहीं प्रदेश में अब तक कुल दस हजार पांच सौ अंठानवे मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं इनमें से तीन हजार दो सौ छियानवे मरीज रायपुर जिले के हैं कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सभी जिलों में सैंपल जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है रोजाना दस हजार से अधिक सैंपलों की जांच की जा रही है कोरोना सोशल मीडिया कोरोना की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील की है सोशल मीडिया में निजी लैबों में कोरोना की जांच को लेकर अफवाह प्रसारित की जा रही है कि वहां जांच करा रहे लोगों को कोविड नाइंटिन पॉजिटिव नहीं होने के बाद भी जान बूझकर पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट दी जा रही है इसके साथ ही यह अफवाह भी फैलाई जा रही है कि ज्यादा पैकेज के लालच में लैबों द्वारा इस तरह की गलत रिपोर्ट दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह की खबरों और संदेशों को पूरी तरह आधारहीन बताया है विभाग ने लोगों को महामारी जैसी राष्ट्रीय विपत्ति के दौर में अफवाहों और गलत संदेशों से बचने की अपील की है स्वास्थ्य विभाग ने शासन द्वारा दी जा रही सूचनाओं और हिदायतों पर ही अमल करने को कहा है प्रधानमंत्री स्वच्छता सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस के नतीजों की घोषणा बीस अगस्त को करेंगे यह देश का पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को एक सौ उनतीस पुरस्कार दिये जाएंगे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्च्वेच्छाग्रहियों और सफाईकर्मियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी करेंगे वे इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे

इस अवसर पर किसानों ने अच्छी फसल की कामना के साथ अपने बैलों को सुंदर तरीके से सजाकर उनकी पूजा अर्चना की साथ ही उन्हें ठेठरी खुरमी चीला जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भोग भी लगाया पोला त्यौहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है आज रायपुर सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह पर्व ध्मधाम से मनाया जा रहा है बच्चों ने मिट्टी से बने बैल और अन्य खिलौनों का आनंद उठाया बालोद जिले में भी पोला का पर्व ध्मधाम से मनाया गया इस पर्व पर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में उत्साह देखने को मिला इस साल कोरोना के चलते बालोद शहर में बैल दौड़ और बैल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया महासमुन्द जिले के बिरकोनी स्थित चंडी गेट नंदीश्वर परिसर में नांगर बैल सजाकर किसानों ने पोला पर्व धूमधाम से मनाया ग्रामीणों ने पारंपरिक परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की और महिलाओं ने पोरा पटकने की रस्म भी अदा की वहीं प्रदेश के अन्य जिलो में भी पोला पर्व पारंपरिक हषोल्लास के साथ मनाया गया

मुख्यमंत्री ने शिवलिंग और नांदिया बैला चुकिया पोरा जांता की पूजा की और छत्तीसगढ़ के विशिष्ट व्यंजन चीला का भोग लगाया उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचते हुए तीजा मनाने का संदेश भी दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के प्रचार प्रसार के लिए आज पांचों संभागों के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए हैं ये रथ सभी जिलों विकासखण्ड़ों और गांवों में जाकर राम वन गमन पर्यटन परिपथ के बारे में एलईडी प्रर्दशनी के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन किया गया है इस कोष में एकत्रित राशि देवालयों और देवगुडी के विकास पर खर्च की जाएगी इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बहनों को तीजा पोरा पर्व के लिए आमंत्रित किया गया था महिलाओं को मुख्यमंत्री की ओर से लुगरा और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का उपहार दिया गया महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों से तीज के अवसर पर करूमात खाने की रस्म अदा की महिलाओं ने यहां रइचुल और चकरी झूले का आनंद भी लिया इस दौरान जाने माने कलाकार दिलीप षड़ंगी और अन्य लोक कलाकारों ने लोकगीतों के साथ ही करमा सुआ राउत नाचा और पंथी नृत्य की प्रस्तुति दी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ थिरके और जसगीत की लय पर ढोलक की थाप दी पंडित जसराज निधन राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पण्डित जसराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि अपनी गायिकी से भारत देश का विश्व मंच पर मान बढ़ाया है उन्होंने कहा कि पंडित जसराज ने एक अनोखी जुगलबंदी की रचना की जिसे शास्त्रीय गायन की दुनिया में जसरंगी नाम से जाना जाता है उनके निधन से भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है गौरतलब है कि पंडित जसराज का कल अमेरिका के न्यूजर्सी में निधन हो गया था वे नब्बे वर्ष के थे स्कूल इन ऑडियो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए नये नये तरीके अपनाए जा रहे हैं सरकार ने जहां पढ़ई तुंहर दुआर योजना शुरू की है तो वहीं कुछ स्थानों में शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं ऐसा ही एक प्रयास रायपुर जिले के सेजबहार गांव के सरकारी स्कूल ने किया है प्राचार्य वीना भसीन शिक्षक और स्कूल लिपिक अपनी आवाज में अपना संदेश और विषय की व्याख्या मोबाइल में रिकार्ड कर रहे हैं इस अभियान को स्कूल इन ऑडियो नाम दिया गया है इस तरह बनाए गए ऑडियो को गांव की सरपंच शाला विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने पालकों के साथ मिलकर वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की है इसमें शिक्षा मित्र शारदा जैन भी अपना योगदान दे रही हैं स्कूल के शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षा लेने के साथ ही सेजबहार में ऑफलाइन पढ़ाई के लिए पढ़ई तुंहर दुआर अंतर्गत मोहल्ला स्कूल अभियान चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत ग्राम की सरपंच अनिता साहू के निवास और आंगनबाड़ी केन्द्र में विद्यालय की व्याख्याता अनुरिमा शर्मा के मार्गदर्शन में मोहल्ला स्कूल चलाए जा रहे हैं जहां शिक्षा सारथी के रूप में ज्योति साहू खूशबू रात्रे निलेश और नागेश डहरिया कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस दौरान अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच ग्रुप स्टडी के कौशल का विकास भी हो रहा है

संसद द्वारा स्थापित और नैक द्वारा ए ग्रेड प्रदत्त इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी माध्यम के विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं सभी पाठयक्रमों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पांच सितंबर है दुर्ग डेंगू बचाव दुर्ग जिले में डेंगू नियंत्रण और उससे बचाव के लिए निगम क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत निगम की टीम द्वारा सर्वे कर घरों में टेमीफास् का वितरण किया जा रहा है और डेंगू बीमारी से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं साथ ही निगम क्षेत्रों में नाली सफाई कचरा सफाई फागिंग घर घर कूलर और विभिन्न पात्रों की जांच टेमीफास् के उपयोग के तरीके तथा बुखार आदि की जानकारी प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है निगम क्षेत्र में अब तक एक लाख से अधिक घरों में टेमीफास् का वितरण किया जा चुका है संक्षिप्त समाचार प्रदेश की समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई और विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए इच्छ्क आवेदक पच्चीस अगस्त तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन गृह सी विभाग द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा आगामी चौबीस से उनतीस अगस्त तक रायपुर में आयोजित की जाएगी इसके लिए शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरनबाजार रायपुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं अब इकतीस अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आईएएस जितेंद्र शुक्ला को नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी सचिव का प्रभार सौंपा गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं डायरेक्टर हर्ष गौतम ने पदभार ग्रहण कर लिया है वे पॉवर डिस्टीब्यूशन कंपनी में कार्यपालक निदेशक पद पर सेवारत थे महासमुन्द जिले के ग्राम छुहिया में चाकू की नोंक पर हुई लूट के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तीनो आरोपी सारंगढ के रहने वाले हैं इनके पास से सैंतालीस हजार नगद दो मोबाइल एक बाइक दो चाकू और एक कट्टा जब्त किया गया है दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास आज सुबह ट्रक की चपेट में आने से मोटर साइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई